हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में शीघ्र परिवार पहचान पत्र बनाने की श्रूआत की जायेगी उन्होंने विधानसभा में पांच एकड़ से कम ज़मीन या पन्द्रह हजार रूपये से कम मासिक आये वाले परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के लिये एक योजना का ऐलान भी किया

उन्होंने कहा कि ये पहचान पत्र हर परिवार को बनेगा चाहे परिवार ने राशन कार्ड न भी बनवाया हो किसानों श्रमिकों कारीगरों आदि के लिये आर्थिक मदद देने बारे श्रू की जायेगी

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत दो वर्ग बनाने गये है एक अट्ठारह से चालीस आयुवर्ग के मुख्यिा वाले परिवार से सम्बद है और द्सरा चालीस से साठ वर्ष की आय्वर्ग के मुखिया वाले परिवार से है

उन्होंने बताया कि नौ हजार आठ सौ सतर जेबीटी एक हज़ार दो सौ दस टीजीटी और आठ हजार दो सौ दस पीजीटी अध्यापकों की सीधी भर्ती की गई जिनमें से साठ हजार तीन सौ सौ छियतर जेबीटी एक हजार तीन सौ सैंतीस पीजीटी और दो हजार इजार एक सौ उनसठ पीजीटी अध्यापकों ने पदभार संभाल लिया है उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक हजार नौ सौ बयालिस टीजीटी और पांच हजार दो सौ इक्यानवे पीजीटी अध्यापकों के खाली पदख़ पदोन्नति से भरे गये है शिक्षा मंत्री ने कहा कि आठ हजार चार सौ पचास टीजीटी और एक हजार एक सौ पैंतालिस पीजीटी पदों को सीधी भर्ती से शीघ्र भरा जायेगा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज विधायक रध्वीर कादयान द्वारा बजट बहस के दौरान बाढ़सा में एम्स के बारे में भ्रामक बाते करने का आरोप लगाते हये सदन को स्पष्ट किया कि बाढ़सा में कभी एम्स स्वीकृत नहीं हआ

इससे पहले कादयान दवारा बाढ़सा पर बात करते हये कहा गया था कि रिवाड़ी में एम्स बनना ठीक है लेकिन बाढ़सा के लोगों का हक छीनने से जानमाल का न्कसान हो सकता है जिस पर कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि उनके मनेठी में एम्स बनने की ईष्र्या है और बेवजह लोगों को भड़काया जा रहा है

हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक असीम गोयल ने आज बजट अन्मानों पर बहस की श्रूआत की उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हये कहा कि उनके क्षेत्र में इस सरकार के कार्यकाल में ही विकास कार्य हो पाये है पूर्व मे नौ मंत्री रहे विधायक को भी विकास के मुददे पर अपनी पार्टी छोड़नी पड़ी थी

बाद में विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने बजट पर अपनी बात रखते हये कहा कि बजट की हेराफेरी पेश की गई है और बजट को किसान हितैषी बनाया गया है

हमेशा आरोप लगाया कि बजट मे कर्जे की राशि का ब्यौरा नहीं है श्री चौटाला ने कहा कि कृषि क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों मे बजट प्रतिशत कम हआ है और सरकार परिवहन विभाग को निजी हाथों में देने ओर बढ़ रही है उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में डाक्टरों की कमी का सवाल भी उठाया बहस में भाग लेते हये रघ्वीर सिह कादयान ने कहा कि बजट में फसल विवधीकरण और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने करने की बात नहीं की गई और किसान कर्ज माफी पर भी बजट में कुछ नहीं है

श्री कादयान ने भी हर क्षेत्र के लिये बजट प्रतिशत मे कमी का सवाल उठाया और कहा कि बजट का आकार तो बढ़ रहा है पर कर्ज भी बढ़ रहा है उन्होंने अपने भाषण की समाप्ति पर विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल ग्र्जर का सभी पार्टियों को समान समय देने और अपने पद की गरिमा बनाये रखने के लिये धन्यवाद किया हरियाणा विधानसभा में आज तड़कसार पाकिस्तान के बालाकोट के खैबर पखतुनवा में जैसे मोहम्मद के आंतकवादी कैंपो पर भारतीय वायु सैना दवारा कीये गये हवाई हमले के समर्थन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पातिर किया गया हरियाणा के संसदीय मामलों के मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने चल रहे बजट सत्र की द्सरी बैठक के शुरू मे ही प्रस्ताव रखा

श्री शर्मा के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने के अनुरोध पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता क्लदीप शर्मा ने कांग्रेस की ओर से और विधायक जाकिर हसैन ने इंडियन लोकदल की ओर से प्रस्ताव का समर्थन किया क्लदीप शर्मा ने हा कि सेना दवारा की गई कार्रवाई से पूरा देश गौरवान्वित हआ है और उनकी पार्टी देश की स्रक्षा के लिये प्रधानमंत्री और देश के साथ खड़ी है

उन्होंने देश की सेनाओं को बधाई देते हये कहा कि समय आने पर ये कदम मजबूती से उठाया जाना चाहिए विधायक जाकिर हसैन ने भी कहा कि उनके वैचारिक व राजनैतिक मतभेद हो सकते है किन्त् इस समय पूरा देश व हरियाणा विधानसभा सरकार के साथ खड़ी है आंतवादियों के खिलाफ ऐसे ही कदम उठाये जाने की जरूरत है हरियाणा के खादयनागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री कर्ण देव कम्बोज ने सदन को भरोसा दिलाया कि छतीसगढ़ महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों की तर्ज पर धन की कस्टम मिलिंग के लिये अदा की जाने वाली राशि में वृदवि की जायेगी विधायक असीम गोयल के एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि इन राज्यों की नीति को जांच कर राज्य सरकार की ओर से केन्द्र से मिलिंग के लिये मिलने वाली राशि मे अपना हिस्सा डालने के बारे में विचार किया जायेगा उन्होंने बताया कि इस समय केन्द्र से न्य्नतम समर्थन मुल्य पर खरीदी गई धान की कस्टम मिलिंग के लिये मिलर्स को मिलिंग के खर्च के तौर पर अदा की जाने वाली राशि दस रूपये प्रति क्विंटल् से बढ़कर पन्द्रह रूपये प्रति क्विंटल् करने का अनुरोध किया गया है उन्होंने विधायक बख्शीश सिंह दवारा मिलिंग राशि बढ़ाने को सही ठहराने और धान से चावल रिकवरी की मात्रा में कटौती बारे चिंता जाहिर करने पर मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार को प्रति क्विंटल् चौसठ किलो की चावल की रिकवरी का मानदंड तय करने को भी लिखा गया है